संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ इक्यासी हुई देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत चालीस से अधिक हुआ

एक जून से चलने वाली दो सौ यात्री रेलगाड़ियों के लिये टिकट ब्रकिंग शुरू

पश्चिम चंपारण के गौनाहा में पांच सेंटीमीटर बारिश प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ इक्यासी हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ चौहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज कटिहार में उन्नीस गोपालगंज में सत्रह समस्तीपुर में सोलह लखीसराय में नौ शेखपुरा में आठ पूर्णिया में पांच मुंगेर में तीन खगड़िया में एक मामला सामने आया है पांच सौ तिरानवे लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है जबकि इस महामारी से दस लोगों की मौत हुई है देश के विभिन्न भागों से आने वाले प्रवासी लोगों में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आये हैं तीन मई के बाद से बिहार आने वाले नौ सौ निन्यानवे लोगों में संक्रमण पाया गया है इनमें सर्वाधिक संख्या दिल्ली से आने वाले प्रवासियों की है दिल्ली से आने वाले दो सौ छियानवे महाराष्ट्र के दो सौ तिरपन और गुजरात से प्रदेश में आये एक सौ अस्सी लोगों में संक्रमण पाया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक पैंतालीस हजार तीन सौ लोग ठीक हो चुके हैं मरीजों के स्वस्थ होने की दर चालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं इधर पांच हजार छह सौ नौ नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या एक लाख बारह हजार तीन सौ उनसठ हो गई है चौबीस घंटों के दौरान एक सौ बत्तीस लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हुई है देश में कोविड उन्नीस महामारी के परीक्षण की क्षमता बढकर प्रति दिन एक लाख से अधिक हो गयी है नेपाल में आज सत्रह लोगों में कोविड उन्नीस संक्रमण की पूष्टि होने से देश में इससे संक्रमित लोगों की संख्या चार सौ चौवालीस हो गई है नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार तीन सौ संतानवे रोगियों का इलाज किया जा रहा है और पैंतालीस ठीक हो चुके हैं प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में चौबीस मार्च से अब तक दो हजार तीन सौ पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं उल्लंघन के मामले में जुर्माने के रूप में लगभग सत्रह करोड़ अठासी लाख रूपये की वसूली की गयी जबकि छिहत्तर हजार से अधिक वाहनों की जब्ती की गयी है एक जून से चलने वाली दो सौ विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिये आज से रेल टिकटों की बुकिंग शुरू हो गयी है रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी सामान्य बोगियो में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी इन विशेष रेलगाड़ियों में दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत ग्यारह श्रेणियों में होंगी

रेलवे स्टेशनों पर टिकट ब्र्किंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे लेकिन वैटिंग टिकट वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी

रेलवे ने समी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार यात्रियों को कम से कम डेढ घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएगे सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य के दिशा निर्देश का पालन करना होगा

रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया है कि रेलगाड़ियों में अग्निम आरक्षण तीस दिन का होगा

मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आप को अगले दिन की किसी भी तीस दिन का ट्रेन का टिकट मिल सकता है

उन्ही के पेटर्न पर चलाया गया है इनको

संघमित्रा लोकमान्य तिलक टर्मिनल पूर्वा एक्सप्रेस राजेन्द्र नगर संपूर्ण क्रांति श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जायेगा रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेन्टों की शिकायत टेलीफोन नम्बर एक तीन आठ पर करनी चाहिए श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने पहली जून से दो सौ रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है जिनकी बुकिंग आज सुबह दस बजे से शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि पहली मई को चार रेलगाड़ियां चलाई गई थीं जिनसे लगभग पांच लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ान फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों हवाई अड्डों यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं विमानन कंपनियों को कोविड उन्नीस महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की सीमा का पालन करना होगा न्यूनतम किराया पैंतीस सौ और अधिकतम किराया दस हजार रूपये होगा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम दो घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा

श्री कुमार ने प्रवासी कामगारों से धैर्य बनाये रखने की अपील की है इधर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी है आज पचासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से एक लाख चालीस हजार लोग अपने घर पहुंच रहे हैं वहीं कल सतासी रेलगाड़ियों का परिचालन किया जायेगा जिनसे एक लाख तैंतालीस हजार से अधिक लोगों के प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने की संभावना है चिकित्सकों का कहना है कि पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोविड उन्नीस महामारी से सबसे अधिक खतरा है दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक एके वार्ष्णेय ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को सावधानी बरतने को कहा साउंड बाईट कॉमोर्डिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंभीर बीमारियां हैं या जो बड़े बुज़्ग हैं

तो यही हम बार बार कह रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लोजिए प्रेग्नेंट मदर हैं उनकी भी उस स्टेज में हालांकि वो स्वस्थ प्रेग्नेसी में इम्यूनिटी कम होती है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है जो मृत्यूदर है वो इन लोगों में बहत ज्यादा है तो ये लोग ज्यादा सावधानियां बरतें वहीं एम्स नई दिल्ली की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी हाथों की स्वच्छता और खांसने और छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किसानों को दी जा रही सहायता से लॉकडाउन में काफी राहत मिली है नवादा और वैशाली जिले के प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के लाभार्थियों ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है

इस अभियान के तहत जीविका दीदियों द्वारा जो अनाज और वस्तुएं लोगों से संग्रह किया जाता है उनका उपयोग भोजन तैयार करने में होता है यह भोजन प्रवासी कामगारों के अलावा गरीब लोगों को दिया जाता है

एक मुट्ठी अनाज कार्यक्रम इतना सफल हुआ है कि लोग आगे आकर तेल चीनी मसाले सब्जी भी इस अभियान के लिए दे रहे हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे यह कार्यक्रम शाम सात बजे प्रसारित होगा इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी प्रण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया यह दिवस आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप में भी मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पूर्व प्रधानमंत्री के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की विभिन्न मंचों पर प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंकृश लगाने के लिए आकाशवाणी से आपको तथ्यों से अवगत कराया जाता है इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्स एप पर आ रही उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना डॉट ओआरजी आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है पत्र सूचना कार्यालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह एक गलत खबर है कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि पीएमजेएवाई डॉट जीओवी डॉट इन ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है राज्य में अम्फन चक्रवात का असर देखा जा रहा है प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पूर्णिया भागलपूर खगड़िया और आसपास के जिलों में सुबह हल्की बारिश हुई पटना शेखपुरा और आसपास के जिलों में भी दिन में बादल छाये रहे और बूंदा बांदी भी हुई बारिश और हवा चलने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जमुई लखीसराय खगड़िया भागलप्र और मध्बनी जिले के विभिन्न हिस्सों में दो से लेकर पांच सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा में सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश हुई है पूर्वी चंपारण जिले में हुए बैंक लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आठ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है उनके पास से लूटे गये पांच लाख सतहत्तर हजार रूपये में से तीन लाख अठाईस हजार रूपये बरामद कर लिये गये हैं

संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ इक्यासी हुई देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत चालीस से अधिक हुआ

एक जून से चलने वाली दो सौ यात्री रेलगाड़ियों के लिये टिकट ब्रकिंग शुरू

पश्चिम चंपारण के गौनाहा में पांच सेंटीमीटर बारिश